इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के चलते परियोजना कार्य में विलंब हुआ है और अब इस परियोजना को मार्च दो हजार बाईस के बजाय अगस्त दो हजार बाईस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने अधिकारियों से चौबीसों घंटे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया ताकि समय पर कार्य को पूरा किया जा सके

राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सौ पचासी है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार कल आए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तेरह लेपारादा से ग्यारह वेस्ट कामेंग से दस ईस्ट सियांग से सात तिराप लोअर दिबांग वैली और नामसाई से छह छह चांगलांग से पांच वेस्ट सियांग और शी योमी से चार चार मामले दर्ज किए गए जबकि तवांग पाक्के केसांग अंजाव लोंगडिंग और सियांग जिले से एक एक मामला सामने आया है

ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य च्नाव आय्क्त होगे कोजीन ने बताया है कि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव एक ही चरण में बाईस दिसंबर को कराए जाएंगे और इसकी अधिसूचना चौबीस नवंबर को जारी की जाएगी उन्होंने कहा कि दो दिसंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे बाईस दिसंबर को मतदान और छब्बीस दिसंबर को मतगणना की जाएगी च्नाव प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही आदर्श च्नाव आचार संहिता आज से राज्य में लागू हो गई है ईटानगर और पासीघाट शहरी निकायों के च्नाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा जबकि पंचायत च्नाव में मत पत्रों का उपयोग होगा गौरतलब है कि पहली बार कराया जा रहे दो स्तरीय पंचायत च्नावों में जिला परिषद चेयरमैन के पच्चीस जिला पंचायत सदस्य के दो सौ इकतालीस ग्राम पंचायत प्रम्ख के दो हजार दो सौ पंद्रह और ग्राम पंचायत सदस्य के आठ हजार चार सौ छत्तीस पदो के लिए च्नाव होगा राज्य में पंचायत और शहरी निकायों के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण च्नावों के लिए स्रक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे

च्नाव के दौरान कोविड की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एल जम्पा स्टेट नोडल ऑफिसर होंगे और जिला चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित जिलों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है राज्य चुनाव आयोग ने सभी हितधारको से आदर्श च्नाव आचार संहिता और कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है आयोग ने प्रदेश के मीडिया कर्मियों से भी स्थानीय लोगों के बीच पंचायत च्नावों के गाइडलाइन्स के बारे में जागरुकता पैदा करने की अपील की है

कीवी फल के लिए मूल्य श्रृंखला निर्माण फॉर्म टू फॉर्क पर कल एक वर्च्अल बैठक को संबोधित कर रहे थे इस दौरान श्री तोमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरुप क्षेत्र भर में स्थिर नीति नियोजन और संत्लित विकास के लिए एक व्यापक और संत्रलन के जरिए वाधाओं को द्र किया जा सकता है उन्होंने कहा कि हिमालयी उप तापमान जलवाय् कीवी उत्पादन के लिए उपय्क्त है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में तेरह हजार टन कीवी का उद्घाटन हो रहा है क़षिमंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में न्यूजीलैंड इटली और चिली से चार हजार टन कीवी का आयात करता है

यह दिन उन्नीस सौ सैंतालीस में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को यहां से संबोधित किया था जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के क्रूक्षेत्र में रह रहे थे